प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज से शुरू

सीएम प्रेस वार्ता मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की जो घोषणाएं की हैं उससे उत्तराखंड को भी बड़ा फायदा होगा पिछले एक डेढ़ साल से प्रदेश में निवेश और उद्योगों को मजबूत करने के लिए की गई पहल को अब और मजबूती मिलेगी देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा किजीएसटी की दरों में संशोधन से दूरिज्म और सर्विस बेस्ड इंडेस्ट्री को बढ़ावा भिलेगा भंडारण योग्य खाद्य पदार्थों पर भंडारण के समयानसार छट दी जाएगी इससे उत्तराखंड में भी फड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को छट मिल सकेगी यहां के उत्पादों को भेडारण की उचित व्यवस्था मिलेगी उत्पादों की खपत बढ़ेगी तो स्थानीय काश्तकारों को फायदा मिलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत से उत्तराखंड में ऑटोमोबाइल फार्मा मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी यह एक बड़ा बूस्ट होगा

उन्होंने सर्दियों में फैलने वाले इस इन्फ्लूएंजा से बचाव की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहंचाने के निर्देश दिये

इससे घबराने जैसी कोई बात नहीं होती है इसके मरीजों का बहत कम प्रतिशत होता है जिन्हें कि भर्ती कराए जाने की जरूरत पड़ती है इसमें सामान्य सर्दी जुखाम जैसे लक्षण ही होते हैं घर पर ही इसका उपचार हो जाता है बाजार में इसकी दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है लेकिन यह दवा केवल डाक्टर का पर्चा दिखाने पर ही दी जा सकती है केवल डायबिटिज दमा आदि के रोगियों और उम्रदराज लोगों को सावधानी बरतनी होती है अगर किसी बच्चे में इसके लक्षण दिखें तो उसे स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जिला अस्पतालों स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति की भी जानकारी ली उन्होंने ऐसे चिकित्सकों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जो कि लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज से जांच शुरू हो गई है

कल नामांकन भरने का आखिरी दिन था

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी और त्रुटिहीन तरीके से सम्पन्न कराने के लिए लगाए गए कर्भियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है हल्द्वानी में आज पीठासीन और मतदान अधिकारियों को पहला प्रशिक्षण दिया गया

केन्द्र में धूमप्रपान और मोबाईल फोन का उपयोग वर्जित रहेगा

सदस्य ग्राम पंचायत पद पर मतदान के लिए मतपत्र सफेद रंग का ग्राम प्रधान के लिए मत पत्र हरे रंग सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए नीला और सदस्य जिला पंचायत पद के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र प्रयोग होगा

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक दर्शन भारतीय चिंतन पर आधारित था उनका मानना था कि देश तभी ख्रशहाल और समुद्ध हो सकता है जब समाज के अन्तिम पंक्ति पर खड़े गरीबों का उत्थान हो उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रति हमारी सच्ची श्रद्दांजलि यही होगी कि अन्त्योदय की परिकल्पना को लेकर जो उन्होंने प्रयास किये उस दिशा में समाज के अन्तिम व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की पहंच हो इसके अलावा प्रदेशमर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया

साथ ही अंतिरिक्त रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी हरिद्वार में रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहंची संसदीय रेलवे यात्री जनसूविधा समिति ने स्टेशन पर सूविधाओं को बढ़ाने का फैसला किया है

यह सभिति रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखती है उन्होंने बताया कि हर महीने कई रेलवे स्टशनों का निरिक्षण किया जाता है जिसकी रिपोर्ट रेल मंत्री के पास जाती है संसदीय रेलवे यात्री सुविधा समिति के सदस्य ने कहा कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन उच्चतम क्षेणी में आने वाला स्टेशन है इसलिए यहां पर ज्यादा सुविधा देने की आवश्यकता है इससे पहले समिति के सदस्यों ने पूरे रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं और यात्रियों की सुविधाओं का निरिक्षण किया समिति ने रेलवे स्टेशन में सुच्चछता अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रति यात्रियों को जागरूक भी किया

इसके तहत स्वच्छता जनजागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक प्रस्तूत किया गया साथ ही भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई इस अवसर पर जिलाधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम के पहले चरण में जून महीने से कूड़े के सोर्स सेग्रिगेशन का कार्य शुरू किया गया था जो कि वर्तमान में भी जारी है उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए समी को अपनी आदतों में परिवर्तन करने की जरूरत है इससे पहले स्कूली बच्चों ने सुबह रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिये उत्तरकाशी स्वच्छता उत्तरकाशी में जिलाधिकारी आशीष चौहान के नेतृत्व में कुटेटी देवी मन्दिर परिसर और आसपास सफाई अभियान चलाया गया इस अभियान में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए स्वच्छता अभियान के दौरान बिना हेलमेट पहने द्रपहिया वाहन चालकों का चालान भी काटा गया और नैतिक ॅशिक्षा के तौर पर उनसे सफाई भी करवाई गई

सफाई अभियान के दौरान चार से पांच क्विंटल कूड़ा एकत्रित किया गया

मेयर रामपाल ने बताया कि शासन से आवंटित जमीन पर कब्जाकर उस पर दो हजार गोल्डन प्रजाति के बांस के पेड लगा दिये गए हैं जो काफी लम्बे और गंध को सोखने की क्षमता रखते हैं जमीन पर मेथिनेशन प्लांट लगाया जा रहा है जिससे बायो नेचुरल गैस और कम्पोस्ट का निर्माण होगा यह संयंत्र निगम की आय का स्रोत भी बन जाएगा छापेमारी बागेश्वर बागेश्वर में प्रशासन और पालिका की संयुक्त टीम ने पॉलीथिन के खिलाफ छापेमारी कार्रवाई की एसडीएम के नेतत्व में पालिका ने नगर समेत मंडलसेरा भागीरथी और बाइपास आदि स्थानों पर दकानों में छापा मारा इस दौरान दो दुकानों में पॉलीथिन मिलने पर टीम ने उनसे जुर्माना वसूला एसडीएम ने बताया कि पॉलीथिन के खिलाफ जनता को जागरूक करने का अभियान आगे भी जारी रहेगा गौरतलब है कि पालिका के स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम के तहत पहले चरण में जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है और दूसरे चरण में लोगों को पॉलीथिन एकत्र कर पालिका को देने का अभियान चलाया जाएगा सर्वाधिक पॉलीथिन लाने वाले व्यक्ति को पहला इनाम मिलेगा

प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है माई गॉव ओपन फोरम या नमोऐप पर कोई भी अपने विचार भेज सकता है